आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहने दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें इनक्यबेशन सेंटर केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद की वर्च्अल मौजूदगी में आज देहरादून में म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इन्क्यूबेशन सेंटर का शिलान्यास किया

मुख्यमंत्री त्रिवेद्र सिंह रावत ने कहा कि आईटी सॉफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात के साथ उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने में इससे मदद मिलेगी साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे आईटी पार्क में कोविड के दौरान भी लाखों का कारोबार हआ और ढाई हजार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिला है इस इनक्यूबेशन सेंटर में स्टार्टअप्स को जरूरी स्विधाएं दी जाएंगी उन्होंने कहा राज्य में निवेश के लिए देश की प्रमुख आईटी कंपनियों को लगातार आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है

राज्य में जिन जगहों पर भी अच्छी इंटरनेट स्विधाएं हैं वहां के युवा अच्छा स्वरोजगार कर रहे हैं ड्रोन एप्लीकेशन के क्षेत्र में राज्य में अच्छा काम हआ है ड्रोन पायलट्स भी तैयार किये जा रहे हैं आने वाले समय में इसके अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी कोशिश राज्य को आईटी डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है मुख्यमंत्री ने इन्क्यूबेशन सेंटर में ई वेस्ट से बने स्टूडियो की भी तारीफ की इंटरनेट सुविधा समीक्षा केंद्रीय संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने चारधाम यात्रा मार्ग पर मोबाइल नेटवर्क के कवरेज को बेहतर बनाने के निर्देश दिये हैं देहरादून पहुंचे राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने प्रदेश में इंटरनेट स्विधाओं और मोबाइल नेटवर्क के प्रसार के संबंध में द्रसंचार विभाग बीएसएनएल और बीबीएनएल के अधिकारियों के साथ चर्चा की उन्होंने विशेष रूप से वर्क फ्रॉम होम करने वाले प्रवासियों औऱ ऑनलाइन कक्षाओं में भाग ले रहे छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रावधान पर जोर दिया

हाल ही में नीती घाटी के मलारी क्षेत्र में मोबाइल सेवाओं को स्थापित और लॉन्च किया है

म्ख्य सचिव ने सभी विभागों में डिजिटलाईजेशन अभियान को शत प्रतिशत सफल बनाने के लिए सरकारी विभागों से हर तरह के लेनदेन को डिजिटल मोड में करने की अपेक्षा की है उन्होंने ऊर्जा आवास और पेयजल बिलों के भ्गतान डिजिटल मोड में किए जाने के लिए तेजी लाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि ऊर्जा और पेयजल के बिलों में क्यूआर कोड लगाकर भेजा जाए ताकि उपभोक्ताओं को डिजिटल पेमेंट करने में आसानी हो सके

उन्होंने बैंकों से डिजिटल ट्रांसेक्शन को बढ़ावा देने के लिए आगे आने को कहा

म्ख्यमंत्री ने इस योजना के तहत केंद्र से मिलने वाली धनराशि जारी करने के लिए अन्रोध किया है उन्होंने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को इस संबंध में पत्र लिखा है इस योजना में हर खेत को पानी की व्यवस्था करना शामिल है जिससे किसानों की मुश्किलें द्रर होंगी साथ ही इसमें भूजल स्तर में स्धार किया जाना भी शामिल है

इसके लिए श्ल्क भी ऑनलाइन ही जमा कराया जायेगा इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम की स्विधा उपलब्ध कराई जा रही है उतराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने हैलीकाप्टर सेवाओं के लैंडिंग और पार्किंग की ऑनलाईन अन्मति के लिए सॉफ्टवेयर का श्भारम्भ किया हेली कम्पनियों को लैंडिंग और पार्किंग के लिए परमिशन सीधे उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण से मिलेगी पहले इसके लिए संबंधित जिले से अन्मति लेनी पड़ती थी अब जिलास्तरीय अधिकारियों को इसकी सिर्फ सूचना देनी होगी बैठक में निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड नागरिक उड़्डयन विकास प्राधिकरण के वाणिज्यिक कार्यों के लिए और सिविल एविएशन के विकास के लिए एक कम्पनी का गठन किया जायेगा

मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम साफ हुआ और चटख धूप निकली तीन चार दिन बाद आसमान साफ होने से लोगों ने राहत की सांस ली देहरादून हरिद्वार पौड़ी अल्मोड़ा नैनीताल चमोली टिहरी जिलों में मौसम साफ रहा बागेश्वर में कहीं कहीं बादल छाये रहे पिंडर घाटी क्षेत्र में हल्की बारिश भी हुई यहां दोपहर बाद मौसम सामान्य हुआ हालांकि रात में पाला गिरने से ठंडक बढ़ी है

गन्ना पेराई सत्र मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून के डोईवाला में शुगर मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार किसानों ने कड़ी मेहनत करके उन्नत किस्म का गन्ना बोया है जिसका फायदा किसानों के साथ साथ श्गर मिल को भी होगा इस अवसर पर गन्ना किसानों ने एकम्श्त बकाया भ्गतान होने पर ख्शी जतायी साथ ही म्ख्यमंत्री से गन्ने का मूल्य बढ़ाने की भी मांग की ताकि उनकी आमदनी बेहतर हो सके

द्र्घटनाग्रस्त वाहन में बारात में बुलाए गए छोलियारों की टीम थी मृतकों में वाहन चालक भी शामिल है

सूबेदार स्वतंत्र सिंह पौड़ी के ओड़ियारी गांव के रहने वाले थे उनके परिवार में माता पत्नी दो बेटे और दो बेटियां हैं मुख्यमंत्री ने पौड़ी गढ़वाल के बेटे की शहादत पर द्ख जताया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीद के परिजनों के साथ खड़ी है प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी सूबेदार स्वतंत्र सिंह की शहादत पर शोक व्यक्त किया है उन्होंने कहा है कि देश की रक्षा के लिए अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देने वाले सूबेदार स्वतंत्र सिंह की शहादत पर हमें गर्व है

जिले के द्र्गम क्षेत्र पदमप्री और आसपास के इलाके के लोगों की इस लैब में हिमोग्लोबिन टीएलसी डीएलसी ब्लड शुगर कॉलेस्ट्रॉल प्रोफाइल टाइफाइड जैसी जांच की जाएगी पहले जांच के लिए लोगों को हल्दवानी जाना पड़ता था